मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन सभी प्रवासी श्रमिकों और फंसे परिवारों को राज्य सरकार की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया है सबसे अधिक प्रवासी श्रमिक सर्वाधिक कोरोना प्रभावित राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में फंसे हैं देशभर के विभिन्न हिस्सों और राज्य के कई जिलों में फंसे लोगों ने हेल्पलाइन नंबर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से सरकार से संपर्क स्थापित कर मदद की गुहार लगायी है इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज ट्वीट कर बताया कि वे राज्य से बाहर रह रहे हर एक झारखंडी से संपर्क की कोशिश में हैं उन्होंने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों से को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे चिंतित न हो राज्य सरकार उन तक मदद पहंचाने की कोशिश कर रही है उन्होंने यह भी अपील की है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी कॉल सेंटर में अपनी समस्या एक बार लिखाएं हर नंबर पर फोन नहीं लगायें उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने पर उनकी समस्या नोट कर ली जा रही है और उन तक मदद पहुंचाने का कार्य तुरंत शुरू कर दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही इस आपदा से निपटने में सफलता मिलेगी केन्द्र ने राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों को प्रवासी कामगारों का पलायन रोकने के लिए सीमाएं प्रभावी ढंग से सील करने का निर्देश दिया है पूर्णबंदी के कारण फंसे जरूरतमंद लोगों और निर्धनों के लिए अस्थायी आश्रय तथा भोजन और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने का भी आदेश दिया गया है गृह मंत्रालय ने कल जारी निर्देशों में कहा कि प्रवासी कामगार जो अपने गृह नगर जाने के लिए निकल चुके हैं उन्हें संबंधित राज्यों के निकटतम आश्रय स्थलों पर रोका जाए और कम से कम चौदह दिन तक अलग निगरानी में रखा जाए देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद अन्य राज्यों से मजदूरों का पलायन अब भी जारी है बुंडू थाना क्षेत्र में लगे चेकनाका पर दूसरे राज्यों से आ रहे मजदूरों को पुलिस ने रोक दिया मजदूर कोडरमा के मरकच्चो अपने घर जाने के लिए निकले थे घटना बीती रात लगभग एक बजे की हैं चेन्नई से अठारह मजदूर और टाटा से बारह मजदूर अपने अपने घर जाने के लिए निकले थे सभी मजदूरों की आज बुंडू अनुमंडल अस्पताल में स्वास्थ्य जांच की गयी

राज्य सरकार ने वित्त वर्ष एक अप्रैल दो हजार बीस से इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस तक के लिए बजट में प्रावधान की गयी राशि की स्वीकृति का आदेश और आवंटन आदेश ऑनलाइन निर्गत करने को कहा है योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के के खंडेलवाल ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव सचिव और विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर बताया कि वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के बजट से संबंधित झारखंड विनियोग विधेयक दो हजार बीस पर राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी सरकार ने इक्कीस दिन की पूर्णबंदी की अवधि के बाद अर्थव्यवस्था को शीघ्र पटरी पर लाने और लोगों की मुश्किलें कम करने के उपाय सुझाने के लिए ग्यारह समूह गठित किए हैं प्रत्येक ग्रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय से एक वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे ये समूह योजनाएं बनाएंगे और समयबद्ध ढंग से उन्हें लागू करने के आवश्यक उपाय करेंगे

चिकित्सा आपात और प्रबंधन योजना पर अधिकार प्राप्त समूह की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी पॉल करेंगे नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत निजी क्षेत्र के साथ समन्वय के लिए बनाए गए समूह के अध्यक्ष होंगे आर्थिक और कल्याणकारी उपायों से संबंधित समूह आर्थिक कार्य सचिव अतानु चक्रवर्ती के नेतृत्व में कार्य करेगा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

राज्य के मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने कोरोना को लेकर अंतरराज्यीय वाहन परिचालन पर कड़ाई से रोक जारी रखने का निर्देष दिया है श्री तिवारी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों को इसका पालन सुनिष्वित करने का निर्देष दिया उन्होंने कहा कि झारखंड में रह रहे दूसरे प्रदेष के लोगों को किसी भी हाल में झारखंड से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी राज्य सरकार ऐसे लोगों का पूरी तरह देखभाल करेगी श्री तिवारी ने सभी उपायुक्तों को निर्देष दिया कि सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाये गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे इक्कीस दिन की लॉक डाउन अवधि में सभी वस्तुओं के निर्बाध परिवहन की अनुमति दें और इसमें जरूरी अथवा गैर जरूरी वस्तओं का भेद न करें राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान अखबारों की डिल्लीवरी की अनुमति दी गई है उन्होंने कहा कि दूध के संग्रह और वितरण की श्रंखला की आपूर्ति भी पूरी तरह र्स मुक्त है श्री भल्ला ने कहा कि हाथ धोने संबंधी स्वच्छता उत्पाद साबून और अन्य वस्तुओं के परिवहन की भी अनुमति दी गई है पूर्वी सिंहभुम जिले के उपायुक्त रविशंकर शक्ला ने एमजीएम अस्पताल के पदाधिकारियों को साथ कल अस्पताल का जायजा लिया और दिशा निर्देश दिये उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी लोगों को सैनिटाइज किया जाए और जो लोग बेकार घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है

इनमें से एक सौ दो लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है मंत्रालय के अनुसार देश में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बतीस लोगों की मृत्यु हुई है

भारतीय रेलवे ने भारतीय रेल खान पान और पर्यटन निगम आईआरसीटीसी की रसोई के स्थानों पर जरूरतमंद लोगों को बड़ी संख्या में पेपर प्लेट के साथ तैयार भोजन उपलब्ध कराने का फैसला किया है रेल मंत्रालय ने कहा है कि आईआरसीटीसी ने दिल्ली पटना और रांची सहित अपने कई स्थानों से जरूरतमंद लोगों प्रवासी मजदूरों कृछ वृद्धाश्रमों और अन्य लोगों को कल लंच पैकेट उपलब्ध कराए

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ऑनलाइन परीक्षा फार्म चार बजे तक और परीक्षा शुल्क रात्रि ग्यारह बजकर पचास मिनट तक जमा किये जा सकते हैं निर्धारित शुल्क क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिग यूपीआई और पेटीएम से भुगतान किये जा सकते हैं

उदीयमान सूर्य को अर्घय अर्पित करने के साथ चौती छठ का आज समापन हो गयी कोरोना वायरस को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन के बीच महापर्व में छठव्रतियों के आस्था में कोई कमी नहीं आयी हालांकि वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने को लेकर लोग काफी सर्तक नजर आ रहे है और इन्हीं एहतियाती कदम के बीच छठ घाटों पर भीड़ नहीं दिखी बड़ी संख्या में छठव्रतियों ने इस बार अपने घर में बनाये गये कृत्रिम जलाशय में ही स्नान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया

बागीटांड के पास पुलिस अधीक्षक एम तमिल वानन की मौजूदगी में इस सीमा को सील कर एनएच इकतीस पर लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गयी

लॉकडाउन के दौरान अनाज की कालाबाजारी रोकने के लिए खूंटी जिले में उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है